राज्य मंत्रिपरिषद ने नैमिषारण्य देवीपाटन और विन्ध्याचल स्थित शक्तिपीठों में लगने वाले मेलों को प्रान्तीय मेले का दर्जा दिये जाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी रायबरेली ज़िले के हरचन्दपुर स्टेशन के करीब न्यू फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना में राहत और बचाव कार्य पूरे

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बारह लाख गैर राजपत्रित रेल कर्मियों को बोनस देने का किया फैसला

कल शाम आगरा दामोह करौली धौलपुर मैसूर और रायपुर संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के जरिए बातवीत में श्री मोदी ने कहा कि तमाम विरोधों के बावजूद पार्टी समाज सेवा का काम जारी रखेगी श्री मोदी ने कहा कि पार्टी के लिए सत्ता हासिल करना सेवा का अवसर पाना है ब्रथ लेक्ल पर सामान्य मानव की आवाज ऊपर तक पहंचे हां च्नाव जीतना भी जरूरी होगा क्योंकि च्नाव जीतना ये हमारे लिये किसी को परास्त करने का अहंकार नहीं है

चुनाव हो या न हो हमारा काम निरंतर यही है कि हम लगातार कोशिश करते रहे जन सामान्य से हम जुड़े जन सामान्य को हमारे साथ जोड़े प्रधानमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं को परिश्रमी विनम्र विश्वासी और उदार होने के साथ साथ समर्पण भाव से काम करने वाला बनने को कहा उन्होंने कहा कि पार्टी की पहचान किसी वंशवादी पहचान से नहीं जुड़ी है राज्य सरकार ने प्रदेश के नैमिषारण्य देवीपाटन और विन्याचल स्थित शक्तिपीठों में लगने वाले मेलों को प्रान्तीय मेले का दर्जा दिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है यह फैसला कल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया सरकार इन तीनों मेलों में श्रद्दालुओं को बुनियादी सुक्घाएं देने के लिए अपने बजट से घन उपलब्ध करायेगी मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि इन तीनों शक्तिपीठों में लगने वाले मेलों के अन्तर जनपदीय अतर्राज्यीय और अतर्राष्ट्रीय स्वरूप के मद्देनजर समुचित व्यवस्था के लिए यह निर्णय किया गया है उन्होंने बताया कि कृंम मेला दो हजार उन्नीस योजना के तहत मेला क्षेत्र में चार जगहों अटल अखाड़ा सच्चा बाबा आश्रम ब्रहम निवास तथा अलोपीबाग मंदिर परिसर में साध्र संतों के ठहरने के लिए जरूरी मूलभूत जनसुविधाओं के निर्माण कार्य के लिए पांच सौ पचास लाख रूपये से अधिक की धनराशि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई इलाहाबाद में आगामी कुंम मेले में स्थायी पान्टून पुलों चेकर्ड प्लेट मार्गो और पाइल पुलियों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को भी अन्मोदित किया गया है झांसी में पेयजल की जरूरत को देखते हुए माताटीला डैम से पानी लेकर वहां के लोगों को उपलब्ध कराने के लिए छह सौ करोड़ रूपये की योजना को भी मंजूरी दी गई यह पेयजल योजना केन्द्र सरकार की अमृत योजना के तहत शुरू की जायेगी इसके अलावा बैठक में प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों में दोहरी लेखा प्रणाती तागू करने का निर्णय भी लिया गया यह प्रणाली निकायों में अधिकतम चौबीस माह के भीतर क्रियान्वित की जायेगी राज्य सरकार ने रवी फसलों के लिए प्रमाणित बीजों में सब्सिटी बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है इसके तहत बीज वितरण में पचास प्रतिशत के अनुदान को साठ प्रतिशत किया गया है बैठक में गाजियाबाद में एक राजनैतिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जाने का फैसला किया है यह देश का ऐसा पहला सरकारी संस्थान होगा जहां विवायक पार्षद युवक तथा अन्य इच्छुक व्यक्ति राजनीति में प्रशिक्षण के लिए प्रवेश ले सकेंगे सरकार संस्थान के पाठ्यक्रमों के लिए कई अतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ बातचीत भी कर रही है रायबरेली ज़िले के हखंदपुर स्टेशन के क़रीब कल तड़के न्यू फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना के बाद राहत और बचाव के कार्य पूरे हो गये हैं दुर्घटना स्थल पर पटरियो के मरम्मत का कार्य तेजी से चल रहा है न्यू फरक्का एक्सप्रेस के इंजन सहित नौ डिब्बों के पटरी से उतर जाने से पांच लोगों की मौत हो गई और अड़तीस यात्री घायल हो गये उत्तर रेलये के मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि घायलों में चार की हालत गंभीर है उन्होंने बताया कि राहत और मरम्मत का कार्य जारी है इस बीच रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्विनी लोहानी सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस हादसे पर दुःख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के लिए पांच पांच लाख रूपये गंभीर रूप से घायलों के लिए एक एक लाख रूपये तथा सामान्य रूप से घायलों के लिए पवास पवास हजार रूपये की राहत राशि देने की घोषणा की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिजनों के लिए दो दो लाख रूपये तथा गंभीर रूप से घायलों के लिए पचास पचास हजार रूपये अनुग्रह राशि के रूप में देने की घोषणा की है केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय के करीब बारह लाख गैर राजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है इससे ग्यारह लाख इक्यानवे हज़ार रेल कर्मियों को लाभ मिलेगा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में सुचना प्रोद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को रेलों की कार्यक्रालता सुधारने की दिशा में काम करने की प्रेरणा मिलेगी

सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन सिंह राठौड़ ने इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अच्छा व्यवहार अपनाने का आह्वान करते हए कहा कि इस बारे में जागरूकता लाने की ज़रूरत है सोशल मीडिया को पूरी ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करने की ज़रूरत के बारे में फेसबुक लाइव चर्चा में श्री राठौड़ ने कहा कि इस दिशा में माता पिता और अव्यापक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं श्री राठौड़ ने कहा कि प्र्यानमंत्री ने आकाशवाणी से अपने मासिक प्रसारण मन की बात में बल दिया है कि सोशल मीडिया का लोगों के फायदे के लिए ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल किया जाये कल से शारदीय नवरात्र युरू हो गया है कल नवरात्र के पहले दिन भारी संख्या में श्रद्वालुओं ने प्रदेश भर के शक्तिपीठो और देवी मंदिरों में मॉ भगवती के दर्शन पूजन किए सकी देवी मंदिरों में श्रद्वालुओं की भारी भीड़ रही लोगों ने कल अपने घरो में भी कलश स्थापना कर के माँ दुर्गा की पूजा अर्वना शुरू कर दी प्रसिद्ध शक्तिपीठ विन्ध्यावलधाम में कलश स्थापना के साथ ही कल से शारदीय नवरात्र मेला शुरू हो गया कल देर शाम तक डेढ़ लाख से अधिक श्रद्दालुओं ने वहां माता विन्ध्यावासिनी देवी के दर्शन पूजन कर लिए थे मेले की सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गये हैं प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंद्याचल मे शारदीय नवरात्र मेला शुरू हो चुका है रात को जैसे ही मंदेर के कपाट खुले समूची विंद्य नगरी घंटा घड़ियाल के साथ मां के जयकारों से गूँज उठी श्रद्धालुओं की तम्बी लम्बी कतारें मंदिर परिसर व गलियों में तगी हुई है लोग मौ विध्यवासिनी देवी का दर्शन कर माँ अष्टभूजा माँ काली व माँ तारा देवी का दर्शन प्रजन कर त्रिकोण परिक्रमा पूरी कर रहे है नवरात्रि मर दर्शनार्थियों के लिये मंदिर बीस घंटे खुला रहेगा नवरात्रि तक माँ के चरण स्पर्श पर पावंदी लगाई गई है

उधर बलरामपुर ज़िले के देवीपाटन शक्तिपीठ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और विवरण हमारे प्रतिनिधि से बलरामपुर में भारत नेपाल सीमा के निकट तुलसीपुर नगर में स्थित देवीपाटन शक्तिपीठ पर प्रतिपदा तिथि को ब्रह्म मुहूर्त से शारदीय नवरात्रि का पूजन अर्चन प्रारम हो गया है प्रात काल से ही श्रद्दालु कतारों में लगकर मां पाटेश्वरी का दर्शन पूजन कर रहे है देश प्रदेश के अलावा पड़ोसी देश नेपाल से भी बड़ी संख्या में भक्त मां के दर्शन पूजन हेतु पहुंच रहे हैं नवरात्रि के पर्व पर श्रद्दालुओं को भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन द्वारा सुरक्षा एवं ठहरने का विरोष प्रबंध किया गया है पुलिस प्रशासन भी विशेष सतर्कता बरत रहा है रामकुमार मिश्र आकाशवाणी समाचार बलरामपुर महराजगंज जिले के आद्रवन स्थित लेहड़ा देवी मंदिर पर भी ब्रम्हमुहूर्त से ही श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन शुरू कर दिया सीतापुर जिले के नैमियषारण स्थित मॉ ललिता देवी मंदिर और सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित मॉ शाकृम्मरी देवी मंदिर पर भी कल पूरे दिन दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा आज शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन भी सभी शक्तिपीवे और देवी मंदिरों पर श्रद्वालु पंक्तिबद्ध होकर माता के दर्शन पूजन कर रहे हैं आज मॉ भगवती के दूसरे स्वरूप ब्रम्हचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है